श्री मोदी नई दिल्ली उत्तर पूर्व दिल्ली हिमाचल प्रदेश के हमीरपूर उत्तर मध्य मुम्बई और बिहार के सारण लोकसभा क्षेत्र के हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का सीकर जिले का चार दिवसीय दौरा आज पाटन से शुरु हो गया गया है श्रीमती राजे पाटन नीम का थाना खण्डेला दांतारामगढ और श्रीमाधोप्र की जनता स्वयंसेवी संस्थाओं प्रबुद्धजनों से संवाद करेंगी और पार्टी के कार्यकर्ताओं की शिकायतों को सुनेगी मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत की है पाटन के नवोदय विधालय में मुख्यमंत्री ने आज सरकारी योजनाओं के बारे में लाभार्थियों से फीडबैक लिया इससे पहले जयपुर से पार्टन पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया कांकाणी हिरण शिकार मामले में पांच साल की सजा के विरुद्ध फिल्म अभिनेता सलमान खान की ओर से जिला और सत्र न्यायालय में पेश की गई सजा स्थगन की अपील पर आज सुनवाई हुई दोनों पक्षों की ओर से बहस की गई अदालत ने मामले का पूरा रिकॉर्ड मंगवाया है अब इस मामले में कल सुनवाई होगी

डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक आरजीगृप्ता ने बताया कि वीसीआर निस्तारण की विशेष योजना के प्रति उपभोक्ताओं के लगातार अच्छे रुझान को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है

हवाई यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए पहली बार देश में पैसेंजर चार्टर तैयार किया जा रहा है इसका प्रारूप तैयार किया जा चुका है जल्द ही इसे हितधारकों की टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक किया जायेगा नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी इस चार्टर में उड़ानों में देरी या उड़ान रद्द होने बोर्डिंग से मना किया जाने बैगेज खोने और रिफंड के बारे में नियम होंगे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू ने अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्रभावी माल परिवहन प्रणाली पर बल देते हुए कहा है कि सरकार सड़क रेल और वायुमार्ग के संपर्क बढ़ाने पर खास ध्यान दे रही है उन्होंने कहा कि इसके लिए विशेष रणनीतियां बनाई गयी हैं और इनका क्रियान्वयन किया जा रहा है श्री प्रभु नई दिल्ली में ग्लोबल लॉजिस्टिक समिट का उदघाटन कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि उत्पाद निर्यात नीति घोषित की है कृषि उत्पाद जल्दी खराब होने वाले होते हैं इसलिए उनको जल्दी से जल्दी से उपभोक्ता तक पहंचाना जरुरी होता है

इससे किसानों को लाभ होगा और भारतीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाया जा सकेगा

जिले के माधुरी औद्योगिक क्षेत्र में ट्रैलर की चपेट में आने से मोटरसाईकिल सवार युवक की मृत्यु हो गई वहीं एक अन्य हादसे में ट्रक की टक्कर से कार में सवार पिता पुत्र की मौत हो गई बीकानेर जिले के नोखा में रेलगाड़ी की चपेट में आने से एक महिला की मृत्यु हो गई

भारत अब दो स्वर्ण और एक रजत पदक के साथ पदक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है इधर महिला हॉकी में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा